हंगामें के बीच विधानसभा में आज उपाध्यक्ष का चयन भी हुआ और फिर विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दिया गया हालांकि विपक्षी दल भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष की कार्यवाही को गैर लोकतांत्रिक करार दिया है नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का कहना है कि हमने विधानसभा अध्यक्ष की शिकायत के लिये राष्ट्रपति से समय मांगा है वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि विपक्ष ने परम्परा तोड़ी है इस बीच नई सरकार के इस पहले अनुपूरक बजट में करीब पांच हजार करोड रुपए का प्रावधान किसानों की कर्ज माफी के लिए किया गया है

वहीं राज्य विधानसभा में आज उपाध्यक्ष के निर्वाचन के दौरान हंगामा चलता रहा हंगामें के बीच ही कांग्रेस विधायक हिना कांवरे को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया इस दौरान कई बार कार्यवाही स्थगित करना पड़ी आखिरकार अध्यक्ष एन पी प्रजापति ने हंगामे के बीच ही उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण कर हिना कांवरे को उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित कर उन्हें शुभकामनाएं दी उपाध्यक्ष पद के लिए श्रीमती कांवरे कांग्रेस प्रत्याशी थीं जबकि भाजपा की ओर से पूर्व मंत्री जगदीश देवड़ा को उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया गया था

मामले की सुनवाई के लिए गठित संविधान पीठ से न्यायमूर्ति यूयू ललित के अलग होने के कारण पीठ का पुनर्गठन किया जाएगा

हालांकि उन्होंने कहा कि वे न्यायमूर्ति यू यू ललित को हटाने की मांग नहीं कर रहे हैं लेकिन न्यायमूर्ति ललित ने स्वयं सुनवाई से अलग होने का फैसला किया

श्री कमलनाथ ने विधानसभा सत्र के समापन के बाद विधानसभा परिसर में पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी

एसपी ने बताया कि विभाग में भ्रष्टाचार और अपराधियों को संरक्षण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों में जो लोग भी लिप्त होंगे उन पर कार्यवाही की जाएगी

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर पर देख सकते हैं इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू द्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं जीएसटी छोटे कारोबार को राहत देने के उद्देश्य से वस्तु और सेवाकर परिषद ने आज निर्णय लिया कि पूर्वोत्तोर को छोड़कर पूरे देश में चालीस लाख रूपये तक के कारोबार वस्तु और सेवाकर के दायरे में नहीं आयेंगे

आज नई दिल्ली में परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि कम्पोजिट योजना के अन्तर्गत छोटे व्यापारियों को मूल्य संवर्धन की जगह कारोबार के आधार पर मामूली टैक्स देना होगा और कारोबार की सीमा एक करोड़ रूपये से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ कर दी गई है

यह फैसला इस वर्ष पहली अप्रैल से लागू होगा आयकर प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ अजय कुमार चौहान ने आज भोपाल स्थित आयकर भवन में संवाददाताओं से कहा है कि इस साल सौ प्रतिशत आयकर रिकवरी की जायेगी

इसके अलावा कानिक डिफाल्टर्स के खिलाफ भी कार्यवाही होगी

इससे पहले आज प्रदेशभर में इस अभियान को लेकर मीडिया को जागरूक बनाने के लिये मीडिया एडवोकेसी कार्यशाला आयोजित की गई भोपाल टीकमगढ़ गुना अशोकनगर आगरमालवा होशंगाबाद सहित पूरे प्रदेश से इस कार्यशाला के आयोजन की खबरे मिली हैं मौसम प्रदेश के चार जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है कल प्रदेश का सबसे ठंडा शहर खज़ुराहो रहा यहां न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया पिछले चौबीस घंटों के दौरान खजुराहो नौगांव बैतूल ग्वालियर और दतिया में शीतलहर का प्रभाव रहा अगले चौबीस घंटों में बैतूल दतिया खजुराहो नौगांव और ग्वालियर में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है मौसम विभाग ने मंदसौर शाजापुर उज्जैन आगर दतिया मुरैना शिवपुरी गुना खजुराहो दमोह रतलाम धार पचमढ़ी और रतलाम में कोहरा छाने की भी संभावना जताई है